बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समावेशी बजट के लिए केन्द्र सरकार की सराहना की

बुनियादी ढांचे का विकास भारत को पचास खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना किसान कल्याण और जल संरक्षण बजट की मुख्य बातें हैं बजट में अगले पांच वर्षों के दौरान बुनियादी सुविधाओं पर सौ लाख करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगले पांच सालों में सवा लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दो हजार बाईस तक एक करोड़ पंचानवे लाख नये घरों के निर्माण का लक्ष्य है इन घरों में शौचालय बिजली और रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध होगी श्रीमती सीतारमन ने बताया कि मकान निर्माण का लक्ष्य तीन सौ चौदह दिनों से घटाकर एक सौ चौदह दिन कर दिया गया है

बजट में जल जीवन मिशन के तहत दो हजार चौबीस तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पाईप लाईन के जरिये जलापूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि के क्षेत्र में व्यापक निवेश करेगी उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी दो हजार बाईस तक दोगुनी करने के लिए अगले पांच वर्षो में दस हजार नये किसान उत्पादक संगठन बनाये जायेंगे बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है पूर्व में की गयी घोषणा के मुताबिक सालाना पांच लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा वहीं दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की सालाना आमदनी वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर तीन प्रतिशत और पांच करोड़ रूपये से अधिक आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर सात प्रतिशत करने का प्रस्ताव है वित्तमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है वे आधार संख्या के आधार पर भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे पैंतालीस लाख रूपये के घर खरीदने पर ब्याज में साढ़े तीन लाख रूपये की छूट का प्रस्ताव है

एक बैंक खाते से साल मे एक करोड़ रूपये से अधिक नकदी निकालने पर दो प्रतिशत टीडीएस लगेगा एक साल में विदेश यात्रा पर दो लाख रूपये से अधिक खर्च करने पर आयकर रिटर्न भरना जरूरी होगा इसके अलावा चालू खाते में एक करोड़ रूपया जमा करवाने और एक वर्ष में एक लाख रूपये से अधिक की बिजली खपत करने वाले व्यक्ति के लिए कर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य बनाया गया है देश में रह रहे लोग एनआरआई को पैसा या संपत्ति के रूप में गिफ्ट देंगे तो उसपर भी कर का भूगतान करना होगा बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर ब्याज से आय पर टीडीएस में छूट दस हजार से बढ़ाकर चालीस हजार रूपये कर दी गयी है किराये से आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा एक लाख अस्सी हजार रूपये से बढ़ाकर दो लाख चालीस हजार रूपये करने का प्रावधान है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश से मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है बजट में डिजिटल पेमेंट पर छूट का प्रावधान किया गया है वित्तमंत्री ने नारी तू नारायणी योजना शुरूआत करने की घोषणा की इसके तहत महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा उन्होंने कहा कि देश भर के सभी जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया जायेगा और मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्येक समूह में एक महिला को एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा श्रीमती सीतारमन ने कहा कि जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को पांच हजार रूपये ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी बजट में मछलीपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरूआत का प्रावधान किया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन का फायदा दिया गया है भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत आते ही आधार देने का प्रावधान किया गया है उन्हें अब इसके लिए तीन महीने की इंतजार नहीं करना होगा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि वर्ष दो हजार तीस तक रेलवे के आधारभूत ढ़ांचे के विकास के लिए पचास लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि इसके लिए पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग किया जायेगा श्रीमती सीतारमन ने कहा कि रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण सुरक्षा और संरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि नई मेट्रो लाईनों के विकास पर भी काम किया जा रहा है बजट में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और रोड इन्फ़ास्ट्रक्चर सेस एक एक रूपये प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे ये उत्पाद दो रूपये प्रति लीटर महंगे हो जायेंगे सोना और अन्य कीमती धातुओं तथा बेशकीमती रत्नों पर सीमा शुल्क दस प्रतिशत से बढ़ाकर साढ़े बारह प्रतिशत कर दिया गया है वाहनों के पूर्जे सिगरेट बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पाद डिजिटल कैमरे ऑप्टिकल फाइबर सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक और स्टेनलैस स्टील और मिश्रित स्टील से बनी सामग्रियां सीसीटीवी और मार्बल जैसे कई उत्पाद भी महंगे हो जायेंगे स्प्लिट एयर कंडिशनर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और लाउडस्पीकर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर अब अधिक शुल्क लगेगा जो पांच से पन्द्रह प्रतिशत के बीच होगा वहीं आम बजट में इलेक्ट्रीक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं इन गाड़ियों पर जीएसटी की दर बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गयी है इसके अलावा वित्तमंत्री ने इलेक्ट्रीक वाहन पर लिये गये कर्ज पर डेढ लाख रूपये तक ब्याज पर कर छूट देने का भी प्रस्ताव किया है सैट टॉप बॉक्स काम्पैक्ट कैमरा मॉडयूल मोबाइल फोन चार्जर लिथियम ऑयन बैटरी सहित इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त पूंजी सामान पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है जिससे ये वस्तुएं सस्ती होंगी

श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग यूवा और गरीबों का ख्याल रखा गया है जिससे उनका भविष्य बेहतर होगा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट को स्वागतयोग्य बताते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य प्रशंसनीय है उन्होंने जल संरक्षण स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण के हित में उठाये गये कदमों की सराहना की है राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आम बजट समावेशी है और इसमें समाज के सभी वर्गो के लिए कुछ न कुछ नया है उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए बजट राहत लेकर आया है श्री मोदी ने कहा बजट का लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि आम बजट को विशेषज्ञ अर्थशास्त्रियों और आम नागरिकों की आवाज को सुने बिना तैयार किया गया है नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में मनरेगा दोपहर के भोजन की योजना और स्वास्थ्य की योजनाओं के बारे में आवंटन की जानकारी नहीं दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि केन्द्रीय बजट में बिहार के साथ धोखा किया गया है

मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने बजट को निराशाजनक बताया है पार्टी नेता एलमारम करीम ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि यह उद्योगपतियों के अनुकूल बजट है और इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है

बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समावेशी बजट के लिए केन्द्र सरकार की सराहना की